बढ़त सोलन सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को प्रदेश में सर्वाधिक बढ़त प्राप्त हुई है

लीड के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र सराज भी टॉप टेन में दूसरे नंबर पर रहा है च्नाव प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सभी चारों संसदीय सीटों पर जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि भाजपा उम्मीदवारों ने सभी संसदीय सीटों पर इतने भारी मतों से विजय हासिल की है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के फैसले से फिर भारत की जीत हुई है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यदि हम सब एक साथ एकजुट हों तो एक मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण संभव होगा उन्होंने कहा कि भारत साथ मिलकर विकसित और समृद्ध बनेगा दूसरी ओर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम नई दिल्ली में बैठक होगी

बैठक के बाद निवर्तमान मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने मुख्य न्यायाधीश कार्यालय का प्रभार संभाल लिया है मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होने के पश्चात उन्हें केंद्रीय कानून मंत्रालय ने प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं राजधानी शिमला में आज सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा का सिलसिला जारी है सोलन जिला में भी सुबह से हल्की ब्रंदाबांदी हो रही है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिला में भी घने बादल छाए हुए हैं लाहौल स्पीति से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार क्षेत्र में मई माह बीतने तक भी ठंड से निजात नहीं मिली है मौसम के इस मिजाज से किसान आलू व मटर की फसल को लेकर चितिंत हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव परिणाम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त एक बार फिर भाजपा को चार की चार पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में कांग्रेस चारों खाने चित किशन कपूर ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत अनुराग ने लगाया जीत का चौका दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ भाजपा ने चारों सीटें एकतरफा अंदाज में जीतीं दैनिक जागरण लिखता है रिकॉर्ड जीत से फिर खिले चार कमल हिमाचल में सबसे अधिक मतों से जीते किशन कपूर दैनिक भास्कर का कहना है अनुराग लगातार चौथी बार रामस्वरूप दूसरी बार सुरेश व किशन पहली बार जाएंगे दिल्ली आपका फैसला ने लिखा है बढ़त में हिमाचल के चारों सांसद लखपति दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं फिर एक बार भाजपा सरकार पूरे देश में मोदी सुनामी अमर उजाला ने चुनावी विश्लेषण में लिखा है मोदी लहर से हिमाचल कांग्रेस को दोहरी चोट भाजपा में जय जय राम जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है हिमाचल में अब जयराम ही भविष्य नेतृत्व पर मोहर लगा गए चुनाव दिल्ली में भी कद बढ़ा आपका फैसला के शब्द हैं प्रदेश की चारों सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बने हीरो पंजाब केसरी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से सुर्खी दी है सुक्खू ने संगठन को इतना नुक्सान पहुंचाया कि नींव ही हिल गई दिव्य हिमाचल ने खबर दी है बदले जाएंगे छह जिलों के डीसी चुनावों में जीत से गदगद मुख्यमंत्री ने किया साफ